प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के लिए दो दो हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का लिया निर्णय

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मण्डी जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सराज का दौरा किया और थुनाग व बगश्याड़ में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया

इस भवन के निर्माण के बाद यहां उपमण्डल स्तर के सभी कार्यालय एक छत के नीचे आ जाएंगे जिससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकनिर्माण विभाग के निर्माणाधीन अतिथिगृह व ट्रैकर्ज हट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के लिए दो दो हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और आशा कार्यकर्ता इस संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाने और एक्टिव फाईडिंग केस अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया

वे आज शिमला में विभागीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक व आर्थिक गतिविधियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे भारद्वाज ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और शिलान्यासों के कार्यों में प्रगति लाने को कहा ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में विकास की गति को जारी रखने के लिए विभिन्न विभागों के पास लम्बे समय से खर्च न हुई राशि का ब्यौरा एकत्र करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर उपेक्षित व पिछड़े वर्गो के कल्याण के प्रति सजग है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की घर मुन्दला और मकरोटी पंचायतों में आज महिला मण्डलों को चैक वितरण के अवसर पर उन्होंने ये बात कही

कुल्लू से आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चौपाल वनमण्डल के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वनों का कटान व आग की घटनाओं को रोकने के लिए चौपाल में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है गोविंद ठाकुर ने क्षेत्र में चीड़ की पत्तियों से चैकडैम के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इस प्रयोग को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के प्रयास किए जाएंगे

उन्होंने राज्यपाल को चीन के साथ लगते किन्नौर जिले और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा की गई तैयारियों व अन्य प्रबंधों की जानकारी दी राज्यपाल ने पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधों पर संतोष जताया इस बीच किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने स्पष्ट किया है कि भारत तिब्बत सीमा के साथ लगती जिले की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हई है उन्होंने कहा कि प्रशासन सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी के साथ संपर्क में है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों मजदूरों किसानों विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार सभी जरूरी व प्रभावी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना के संक्रमण की रोकथाम संभव है और इस समय सभी को संयम और दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए उपायों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

बलिदान दिवस प्रदेश भाजपा द्वारा राष्ट्रवादी विचारक व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेशभर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की और भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने प्राचीन संस्कृति के अनुरूप राष्ट्र निर्माण की अलख जगाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया और वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व बलिदान दिवस के संयोजक संजीव कटवाल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर प्रष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि इस मौके पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में भी पृष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा और अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे उधर हमीरपुर में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद व चिन्तक थे उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा और देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा

नमस्कार